राहत और बचाव कार्य जोरों पर अब तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं

पूर्व मध्य रेल के हाजीपुर बछवारा रेलखंड पर सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास आज अहले सुबह एक दो चार आठ सात जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी किशनगंज से दिल्ली जा रही इस ट्रेन के नौ डिब्बे पटरी से उतर गये इस घटना में अट्ठारह लोगों के घायल होने की खबर है क्षतिग्रस्त डिब्बों से घायलों को निकाला जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सुबह तीन बजकर अंठावन मिनट पर महनार और सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के बीच ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गये इस घटना में सबसे ज्यादा नुकसान एसी डिब्बों को हुआ है अधिकारी ने कहा कि घटना स्थल पर बरौनी और सोनपुर से डॉक्टरों की टीम भेजी गयी है राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है

इधर रेलवे ने नई दिल्ली डिब्रगढ़ राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का मार्ग बदल कर चलानेका निर्णय लिया है नई दिल्ली डिब्रगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आज मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते चलायी जायेगी इधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है उन्होंने बताया है कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाये जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर से लोक सेवायें के अधिकार कानून के अंतर्गत मिलने वाली सेवाओं को जोड़ा जायेगा जिससे जाति आय आवासीय जैसे प्रमाण पत्र लोगों को आसानी से मिल सके मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा अधिकार की शुरूआत वर्ष दो हजार ग्यारह में की गयी थी जिसमें पंचायत स्तर तक इसका केंद्र खोला जा रहा है उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर पर अब लोक शिकायत निवारण सेवायें भी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी अगले आम चुनावों में अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेगी इसके लिये आज से एक महीने का अभियान भारत के मन की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ शुरू करेगी पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह राजधानी दिल्ली से इस अभियान की शुरूआत करेंगे वहीं भाजपा राज्यसभा सांसद अनिल बालूनी ने कहा है कि पार्टी लोगों की राय लेने के लिए कई तरीकों से उनसे संपर्क करेगी उन्होंने बताया कि जनता की आकांक्षाएं और उम्मीदें मोदी सरकार के कार्यों का प्रमुख आधार रही हैं और इससे देश के करोड़ों परिवारों का जीवन स्तर सुधारा गया है राजधानी पटना के वीमेन्स कॉलेज की छह छात्राओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री तीन बजकर पैंतालीस मिनट पर कॉलेज में बनने वाले करियर हब का भी शिलान्यास करेंगे कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर सिस्टर मरियम रशमी ने बताया कि रूसा सेकेंड फेज के अंतर्गत कॉलेज को पांच करोड़ रूपये का अनुदान मिला है बिहटा औरंगाबाद रेललाइन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसके लिये पूर्व मध्य रेल ने पच्चीस फरवरी की तिथि तय कर प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी सूचना भेजी है इस नये रेलखंड पर पंद्रह स्टेशन बनाये जायेंगे रेलखंड की लम्बाई एक सौ अठारह किलोमीटर होगी घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिये सरकार पचपन प्रतिशत तक का अनूदान देगी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने योजना की शुरूआत करते हये कहा कि सोलर प्लेट लगाने में संतावन हजार रूपये का खर्च होगा जिसमें लागत का पैंतालीस प्रतिशत लोगों को खर्च करना होगा ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिये बिहार रिन्यूवल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है श्री यादव ने कहा कि आवेदन के स्वीकृति की सूचना एसएमएस से मिलेगी राजधानी पटना के गांधी मैदान में नौ फरवरी से चार दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यंत्र प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जा रहा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस मेले में दिल्ली हरियाणा पंजाब गुजरात पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के कृषि यंत्र निर्माता भी भाग लेंगे राज्य के किसान फसलों को बर्बाद करने वाले जानवर नीलगाय और जंगली सुअर को मारने के लिये जिला वन पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां आवेदन कर सकते हैं वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद जिला स्तरीय एक दल किसानों के खेतों में जाकर स्थिति का जायजा लेगी और इसके बाद इन जानवरों को मारने की अनुमति दी जायेगी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले मं संयुक्त उद्योग निदेशक संजय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिये गये हैं देश के विभिन्न भागों में तैनात सैनिक और अर्द्वसैनिक बल के जवानों को मतदान करने के लिये ऑनलाइन मतपत्र भेजा जायेगा मतदान करने के बाद संबंधित जवान डाक या कुरीयर के माध्यम से मतपत्रों को वापस भेजेंगे राज्य में ऐसे लगभग दस हजार चार सौ साठ सैनिकों की पहचान की गयी है बक्सर में खेली जा रही उनहत्तरवीं राज्य मोइनूल हक फ्टबॉल प्रतियोगिता में बांका ने औरंगाबाद को तीन एक से हरा दिया वहीं एक अन्य मुकाबले में सुपौल ने सीतामढ़ी को शून्य के मुकाबले एक गोल से पराजित कर दिया इस जीत के साथ ही दोनों टीमें प्रतियोगिता के तीसरे चक्र में प्रवेश कर गयी हैं हरियाणा के हिसार में खेली जा रही सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में बिहार ने मध्य भारत को चार शून्य से पराजित कर दिया है बिहार की ओर से कुमारी अपराजिता ने दो और कप्तान मिंजुर ने एक गोल किया मधेप्रा में संपन्न जूब्बा सहनी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में एनवाईके पटना की टीम ने नेपाल की टीम को सात विकेट से पराजित कर दिया मौसम विभाग ने कहा है कि आज से तापमान में तेजी से बदलाव होगा जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पांच फरवरी को तापमान में एक बार फिर थोड़ी कमी आयेगी लेकिन उसके बाद लगातार व्रद्धि होती रहेगी वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के हाजीपूर में अपराधियों ने एक आभूषण द्रकान से दो करोड़ रूपये के गहने लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है औरंगाबाद जिले के बारून में पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए लगभग पांच हजार सीएफटी बालू को जब्त कर लिया है

बक्सर जिले में पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से दो अवैध पिस्तौल छह कारतूस और दो मोबाइल बरामद किये गये हैं नवादा जिले में एक ऑटो के पलट जाने से उस पर सवार पंद्रह लोग घायल हो गये जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लोक सेवा केंद्र के उद्घाटन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है जाति आय प्रमाण अब पंचायतों में भी दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के बयान के हवाले से अपनी सुर्खी बनायी है ममता के कदमों तले खिसकने लगी है अब जमीन दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है डीजीपी ने सभी एसपी को दिये टास्क आठ दिन के भीतर बालू और शराब माफिया पर कर्करवाई की मांगी रिपोर्ट प्रभात की बड़ी खबर है तीन जिले तेरह गांव अठहत्तर गैंग पंद्रह सौ साठ सदस्य काट रहे साइबर ठगी की फसल अखबार आज लिखता है कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली आज राहुल आयेंगे

राहत और बचाव कार्य जोरों पर अब तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं